बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने किया धाम का निरीक्षण स्लग पुलिस महानिदेशक प्रदेश में कल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के बाद अधिकांश पोलिंग पार्टियां वापस आ गई हैं द्र्गम क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों से कुछेक पोलिंग पार्टियों के आज रात तक लौटने की उम्मीद है पोलिंग पार्टियों के वापस आने के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अशोक कमार ने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा बल की कड़ी निगरानी में मतपेटियां रहेंगी

जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल में सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने सील कर दिया गया है

उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम को त्रिस्तरीय सुरक्षा के भीतर रखा गया जिसकी सुरक्षा के लिए पीएसी पुलिस और आईटीबीपी के जवानों को तैनात किया गया है

सभी मतदान पार्टियों ने गोपेश्वर में बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में मतदान सामग्री जमा करा दी है स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा थ्री लेयर में की गई है पहली लेयर में आईटीबीपी दूसरे में पीएसी और बाहरी सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल तैनात की गई है इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी निरन्तर स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है

हर बार की तरह इस बार भी महिला मतदाता वोट देने में आगे रही

देहरादून के तहत टिहरी लोकसभा की सात और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की तीन विधानसभाएं आती हैं देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्टस स्टेडियम में स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है जहां ईवीएम और वीवीपैट की सुरक्षा के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए हैं महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज में बने निर्वाचन कार्यालय में जन प्रतिनिधयों के साथ स्क्र्टनी की बैठक लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरूगेशन ने इस बात की जानकारी दी उन्होंने बताया कि ईवीएम की सुरक्षा पुख्ता करने के लिये र्थी लेयर सुरक्षा चक्र बनाया गया है इसमें पहले लेयर में सेंटर पैरामैलेट्री फोर्स दूसरे में स्टेट आर्म्ड फोर्स और तीसरे में स्टेट पुलिस तैनात रहेगी

ईवीएम और वीवीपैट मशीनें सुरक्षित रख दी गई है जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को चुनाव प्रेक्षकों और प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील किया गया अब यह मशीनें अर्दध सैनिक बलों की निगरानी में रहेंगी

पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में मतदान एक प्रतिशत ज्यादा रहा जिले में इस बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही

मतदान के बाद सभी पोलिंग पार्टियां वापस आ च्की हैं ई वी एम को कड़ी सुरक्षा के बीच गोरलचौड़ में बने स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है स्लग चुनावी बॉन्ड उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने की रसीद और चंदा देने वालों की पहचान के बारे में निर्वाचन आयोग को सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराएं

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायाधीश दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर यह आदेश दिया

स्लग स्क्रूटनी रुद्रप्रयाग लोकसभा चुनाव के प्रेक्षक डॉ ई रमेश कुमार ने रुद्वप्रयाग में पचास प्रतिशत से कम और पिच्चानवें प्रतिशत से अधिक मतदान वाले बूथों के अभिलेखों की स्क्रटनी की जिला निर्वाचन अधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने मतदान प्रक्रिया के दौरान खराब ईवीएम वीवीपैट और जहां पोलिंग बूथ पर किसी दल का अभिकर्ता न रहा हो उनके अभिलेखों की भी स्क्रूटनी की इसके लिए एआरओ रुद्रप्रयाग और केदारनाथ से ऐसी बूथों की सूची तलब कर उनके अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए स्क्रटनी के दौरान उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बूथवार अभिलेखों के मिलान की स्थिति से अवगत कराया गया

जहां आम वोटरों ने वोट डाले वहीं दिव्यांग वोटरों ने भी वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया अल्मोड़ा लोकसभा सीट के तहत चम्पावत जिले के धरसौं ग्राम पंचायत निवासी दिव्यांग पावर्ती देवी ने मिसाल कायम की है उन्होंने हाथ और पैरों के बल तीन किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर वोट देने अपने परेवा स्थित ब्रथ पर पहंची चम्पावत में दिव्यांग मतदाता पावर्ती देवी और दूसरे दिव्यांगजनों के हौसलें को सभी लोग सलाम कर रहे हैं

पावर्ती देवी पैरों से दिव्यांग हैं उनको चलने के लिए हाथों का सहारा लेना पड़ता है उन्होंने पोलिंग ब्रथ तक पहुंचने के लिए किसी का सहारा लेन के बजाय खूद ही पोलिंग बूथ तक पहंचाने का फैसला किया उन्होंने उन लोगों को संदेश दिया है जो सामान्य होने के बावजूद वोट डालने नहीं जाते हैं स्लग जीत का दावा सत्रहवीं लोकसभा के पहले चरण में कल हुए मतदान के बाद भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि राज्य में अपेक्षान्सार मतदान हआ है प्रदेश के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति उत्साह व्यक्त किया इसलिए इस बार भाजपा प्रत्याशी पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में अधिक मतों से जीत हासिल करेंगे उधर कांग्रेस ने मतदान के दिन ईवीएम की खराबी पर नाराजगी जताई है पार्टी ने कई मतदान केंद्रों पर निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्मिकों की भूमिका पर भी आपत्ति जताई है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और टिहरी क्षेत्र से प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने दावा किया कि मतदाताओं से मिले सहयोग की वजह से कांग्रेस टिहरी समेत राज्य की सभी संसदीय सीटों पर जीत दर्ज करेगी

निरीक्षण कर लौटी मंदिर समिति की टीम ने बताया कि केदारनाथ में बर्फबारी के कारण नुकसान पहुंचा है बर्फवारी के कारण कर्मचारियों के लिए बने हट भोग मंडी भंडार गृह और पुजारी आवास सहित विद्युत लाइन को नुकसान पहुंचा है समिति प्रत्येक वर्ष यात्रा शुरू होने से पहले धामों का जायजा लेती है इसके तहत केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं को जायजा लेने एक दल केदारनाथ धाम गया था जनवरी माह से केदारधाम में बर्फवारी का सिलसिला जारी है नौ मई को भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने हैं ऐसे में व्यवस्थाओं को जल्द चाक चौबंद करने के प्रयास भी तेज कर दिए गए है